केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने बनाने का कौशल किया जाएगा विकसित वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा वन स्वीकृति मामले निपटाने के लिए शिमला में खुलेगा वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है

नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देशभर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया

उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों से भिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने को कहा प्रधानमंत्री ने गुरूदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर को भी याद किया जिन्होंने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बालमन में रचनात्मकता को बढ़ावा दें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है

उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल के कुत्तों में मुढोल और हिमाचली नस्ल के कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं

उन्होंने कहा है कि कला उत्सव में स्वदेशी खिलौना निर्माण की शुरूआत की जाएगी ताकि विद्यार्थी कई तरह के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और उनके विकास के लिए प्रोत्साहित हों वन मंत्री वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि शिमला में वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय पहली अक्तूबर से कार्य करना शुरू कर देगा मंडी जिले के करसोग क्षेत्र की खील पंचायत में आज वन विश्राम गृह के उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया कि इस कार्यालय के खूलने से एफ आरए और एफ सीए संबंधी वन स्वीकृति के मामले अब शिमला में ही निपटाए जाएंगे जिससे विकाॅस कार्यो में तेजी आएगी वन मंत्री ने चिनार का पौधा लगाकर वन महोत्सव का शुभारम्भ भी किया

यह राशि देर्सी गाय वर्मी कम्पोस्ट के पिट वॉटर पंप ट्रैक्टर और गौशाला को पक्का करने के लिए दी जाती है

ग्रामीण विकास व पंचायती राज और मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले के अंदरौली से इस योजना का शुभारंभ किया

मारकंडा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में कम्पयूटर सांईस में बीटेक करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय को जल्द ही तकनीकी व कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम दिया जाएगा शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में रामलाल मारकंडा और विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी बंसल ने विश्वविद्यालय के विज़न प्लान की जानकारी दी प्रकृति वंदन दिवस आज प्रकति वंदन दिवस है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर शिमला में अपने निवास स्थान पर पौधरोपण किया और लोगों से भी अपने निवास स्थलों पर पौधे लगाने का आहवान किया स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहने की अपील की इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांगड़ा जिले के देहरा में प्रकृति वंदन कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया

ऐसे में आपात स्थिति में पर्यटकों व अन्य लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों ने सरकार से सड़क की दशा सुधारने और बातल में सैटेलाइट फोन लगाने की मांग की है ताकि मुसीबत के समय लोगों को बचाया जा सके

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है